ऐसे में यह हमारे उन महानायकों से जुडी स्थानीय जगहों का पता लगाने का बेहतरीन समय है जिसकी वजह से हमे आजादी मिली

उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयास आगे भी जारी रहेंगे प्रधानमंत्री ने देश में चलाये जा रहे सड़क सुरक्षा माह का जिक करते हुए कहा कि सड़क सुरक्षा के लिए सरकार के साथ ही सामुहिक प्रयासों की जरूरत है जीवन बचाने के इन प्रयासों में हम सभी को सकिय रूप से भागीदार बनना चाहिए

कहीं भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवारों को बहमत मिला है तो कहीं निर्दलियों ने भी जीत का परचम फहराया है

वहीं एक वार्ड पर निर्दलीय उम्मीदवार जीता है

हनुमानगढ श्रीगंगानगर टोंक बूंदी जालोर जिलो से हमारे संवाददाताओं ने बताया कि वहां पर भी आज से अभियान की शुरूआत हुई विभिन्न ब्रथों पर नवजात से लेकर पांच साल तक के बच्चों को दवा पिलाई जा रही है आज दवा से वंचित रहे बच्चों को अगले दो दिनों में घर घर जाकर खुराक पिलाई जायेगी प्रदेश में कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान में बढोतरी के साथ साथ तेज सर्दी का असर जारी है

विभाग ने कहा है कि राज्य में कल से शीतलहर से राहत मिल सकती है